मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में आ रही है लगातार कमी

पिछले चौबीस घंटे में राज्य में इक्कीस हजार तीन सौ इकतीस लोगों में हुयी कोरोना संक्रमण की पुष्टि

वाराणसी में डीआरडीओ के सहयोग से स्थापित किया गया सात सौ पचास बेड का कोविड अस्पताल हुआ शुरू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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर और बस्ती मण्डल तथा अयोध्या में कोरोना पर नियंत्रण के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा की और अधिकारियों को कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण केन्द्र का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने एम्स पहुंचकर वहां बोइंग कम्पनी के सहयोग से स्थापित किये जा रहे दो सौ बेड वाले कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने मरीजों के उपचार दवा भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया बाद में मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ट्रेस ट्रैक और ट्रीट नीति के परिणाम सामने आने लगे हैं और पिछले दस दिन में राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों में पचासी हजार से अधिक की कमी आई है उन्होंने कहा कि कृष्ठ विशेषज्ञों ने अनुमान जताया था कि प्रदेश में कोरोना के प्रतिदिन एक लाख मामले सामने आयेंगे लेकिन राज्य सरकार के समय पर उठाये गये कदमों से अब हर रोज कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पांच सौ बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किया गया था यह अस्पताल कोविड की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के उपचार में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है उन्होंने कहा कि प्रदेश में आशिक कोरोना कर्फ्यू के द्वारा कोविड संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना के प्रतिदिन सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है प्रदेश में हर रोज सवा दो लाख से ढाई लाख तक कोविड नमूनों की जांच लगातार की जा रही है उन्होंने कहा कि कोविड की पहली लहर के दौरान राज्य को केवल साढ़े तीन सौ मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी जो अब कई गुना बढ़ गयी है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है एक दिन पूर्व ही प्रदेश में एक हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गयी है इसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे जहां उन्होंने कोविड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की श्री योगी ने ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे कोविड जांच अभियान का मौके पर निरीक्षण भी किया प्रदेश के ग्यारह और जिलों में कल से अट्ठारह से चौवालीस वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया इस तरह अब कुल अट्ठारह जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है जिन जिलों में टीकाकरण हो रहा है वे हैं अलीगढ़ आगरा मुरादाबाद अयोध्या सहारनपुर फिरोजाबाद शाहजहांपुर झांसी गौतमबुद्वनगर गाजियाबाद मथुरा प्रयागराज लखनऊ कानपुर मेरठ बरेली वाराणसी और गोरखपुर टीकाकरण के लिये ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है लोग कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के एक करोड़ नौ लाख उत्तालीस हजार से अधिक लोगों को पहला टीका और बाइस लाख पचासी हजार से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है इस तरह अब तक कुल एक करोड़ सैंतीस लाख चौबीस हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले व्यक्तियों से अधिक बनी हुयी है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के इक्कीस हजार तीन सौ इकतीस नये मामले सामने आये हैं जबकि उन्तीस हजार सात सौ नौ लोग संक्रमणमुक्त हुये हैं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब दो लाख पच्चीस हजार दो सौ इकहत्तर रह गयी है पिछले चौबीस घंटे में महामारी से दो सौ अठहत्तर लोगों की मृत्यु हयी है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से जारी है एक दिन पूर्व दो लाख चौदह हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी इनमें से एक लाख बारह हजार से अधिक जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी राज्य में अब तक चार करोड़ इकतीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि टेस्ट ट्रीट और ट्रेस की नीति के परिणाम स्वरूप लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के नये मामलों की अपेक्षा आठ हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं उन्होंने कहा कि लगातार अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है राज्य में इक्कीस हजार ऑक्सीजन कसेंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं और बगैर ऑक्सीजन वाले बेड को ऑक्सीजन युक्त किया जा रहा है श्री सहगल ने बताया कि एक दिन पूर्व प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में एक हजार तीन मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई प्रमुख सचिव सूचना ने बताया कि अगली फसल की तैयारी के लिये कोरोना कर्फ्यू से किसानों को मुक्त रखा गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक बीस लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जा चुकी है जो कि पिछले साल इसी अवधि से दो गुना ज्यादा है उन्होंने बताया कि किसानों का भुगतान बहत्तर घंटों में कराया जा रहा है वाराणसी में डीआरडीओ द्वारा स्थापित कोविड अस्पताल कल से शुरू हो गया सात सौ पचास बेड के इस अस्पताल में सशस्त्र बल द्वारा देशभर से चिकित्सा विशेषज्ञों डॉक्टरों नर्सिंग और अन्य चिकित्साकर्मियों को इस अस्पताल में सेवा के लिये लगाया गया है अस्पताल के सभी विस्तर ऑक्सीजन से युक्त हैं इस अस्पताल को चलाने के लिये राज्य सरकार ऑक्सीजन निर्बाघ बिजली आपूर्ति जैव चिकित्सा और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख कायों की सुविधा प्रदान कर रही है यहां सभी मरीजों को दवाइयां और खाना निःशुल्क उपलब्ध होगा इस अस्पताल में दो सौ पचास बेड की आईसीयू सुविधा भी उपलब्ध है अस्पताल में मरीजों की भर्ती एकीकृत कमांड और नियंत्रण केन्द्र वाराणसी द्वारा की जायेगी प्रदेश के विभिन्न जनपदो में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है कल पश्चिम बंगाल के दुर्गापूर से चालीस मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन कानपूर पहुंची यह ऑक्सीजन नगर के विभिन्न अस्पतालों को उपलब्ध करायी जायेगी उधर सीतापुर जनपद में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का कार्य शुरू हो गया है डीआरडीओ द्वारा स्थापित किये जा रहे इस संयंत्र के अगले पन्द्रह दिनों में कार्य शुरू करने की सम्भावना है इस संयंत्र की क्षमता प्रति मिनट एक हजार लोगों को ऑक्सीजन देने की है पीलीमीत जनपद में आशिक कोरोना कपर्यू के दौरान सभी बैंक शाखाए प्रत्येक शनिवार को बन्द रहेगी अग्रणी बैंक प्रबंधक ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है